प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली का त्यौहार स्थानीय उत्पादों से मनाने का आहवान किया है उन्होंने इस वर्ष के लिए दीपावली पर स्थानीय उत्पादों का प्रयोग का नारा दिया है और कहा कि दीपावली का पूरी तरह स्थानीय उतपादों का उपयोग करके मनाना हमारी प्रतिबद्वता और जिम्मेदारी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्रू के क्षेत्र में बेमिसाल कार्य हुआ है और वाराणसी न केवल पूर्वाचल बल्कि पूरे देश के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का केन्द्र बन गया है

कृषि कानूनों का उल्लेखन करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को फायदा हो रहा है क्योंकि फसलों की खरीद और बिक्री के सिलसिले में बिचौलियों को बाहर रखा गया है उन्होंने कहा कि पी एम स्वनिधि योजना रेहड़ी फड़ी वालों की मदद कर रही है जिनकों कोरोना महामारी के कारण बहृत सी म्श्किलों का सामना करना पड़ा प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पति कार्य योजना से गांवों से गांवों में बहत से विवादों का समाधान करने में मदद मिलेगी

वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें रिपोर्ट सौंपी यह रिपोर्ट केन्द्र और राज्य सरकारों स्थानीय प्रशासन पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों वित्त आयोग की सलाहकार परिषद एवं विशेषज्ञों व जानी मानी शैक्षिक संस्थाओं और बहपक्षीय संस्थाओं के प्रम्खों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है वित्त आयोग रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री को भी भेंट करेगा केन्द्रीय वित्तमंत्री इसे संसद के पटल पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सम्बधी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगी

श्री विजय वर्धन ने यह जानकारी आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान दी

याद रखें मास्क और दो गज की दूरी बार बार हाथ धोना भी है जरूरी त्यौहारों के मौसम में ख्द सचेत रहे और द्सरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नवनिय्क्त अध्यक्ष श्री स्भाष बराला ने कहा है कि म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने संगठन से अलग उन्हें पहली बार सरकारी तौर पर नई जिम्मेदारी दी है जिसको वे पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे इसके लिए श्री बराला ने म्ख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने विधिवत रूप कार्यभार ग्रहण करेन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उनहोंने कहा कि यह नई जिम्मेवारी उनके लिए एक नया अन्भव है सबसे पहले वे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चरणबद्व तरीके से ब्यूरो की कार्यप्रणाली को समझेंगे और बेहतर से बेहतर करने का हर संभव प्रयास करेंगे इसी प्रकार ब्यूरो के अधीन जितने भी बोर्ड निगम व अन्य संस्थान हैं साथ साथ उनका भी अध्ययन करेंगे इस मौक उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता भी मौजूद रहे एक प्रश्न के उत्तर में श्री बराला ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो किसी भी प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है

आज सिरसा और फरीदाबाद में दो दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु ह्ई है

स्कूल को सैनेटाइज करवाया जा रहा है और दो दिन के लिए बंद रखा जा रहा है